म्ख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया समारोह में बत्तीस झांकियां प्रदर्शित की गई जिनमें से सत्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नौ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और छह रक्षामंत्रालय की थीं गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की श्रूआत आज स्बह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्वास्मन अर्पित करने के साथ हई इसके बाद राष्ट्रपति दवारा ध्वजारोहण किया गया राष्ट्रगान के बाद इक्कीस तोपों की सलामी दी गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक स्धारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले क्छ समय से लम्बित पड़े स्धारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है बाहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनन्दन करना चाहिए जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया श्री कोविंद ने कहा कि महामारी के समय हमारे प्रभावकारी तंत्रों ने अमूल्य योगदान दिया राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों ने आपस में परिवार की तरह एकज्ट होकर महामारी के समय अन्करणीय त्याग और सेवा का परिचय दिया है

आई जी पार्क में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व य्वा आईपीएस अधिकारी श्भेंद् भूषण ने किया

जिसमे म्ख्यमंत्री पेमा खांडू राज्य सरकार के मंत्री विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया मद्रास रेजिमेंट की अट्टारहवीं बटालियन के सदस्य रहे और मनणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंदारकर की पत्नी शक्तला ए भंडारकर ने इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया

जिसमें सात लोगों को पद्मा विभूषण सम्मान के लिए च्ना गया जबकि दस लोगों को पद्मा भूषण सम्मान के लिए चुना गया इसके अलावा एक सौ दो लोगों को पद्माश्री के लिए चयनित किया गया जिनमे अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वतारोही अंश् जमसेंपा भी शामिल है जमसेंपा ऐसी पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है जिन्होंने पांच दिनों के भीतर दो बार द्वनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है उन्हें खेल श्रेणी में पद्माश्री के लिए च्ना गया है म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने जमसेंपा को बधाई देते हए कहा कि वह कोई साधारण महिला नहीं है

राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि इस बार चौदह लोगों को गोल्ड मेडल सोलह को सिलवर मेडल और पच्चीस को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे

अपर सियांग जिला मुख्यालय यिंकियोंग में गणतंत्र दिवस परेड में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और जिले के आला अधिकारी मौजूद थे इधर ईस्ट सियांग जिला म्ख्यालय पासीघाट में आयोजित म्ख्य समारोह में जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह ने तिरंगा फहराया और लोगों से विकास परियोजनाओं में सहयोग की अपील की